उन्होंने कहा कि लोगों को भी इस क्षेत्र में नवाचार करना चाहिए श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल खिलौना मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और ईको फेंडली होते हैं प्रधानमंत्री ने वर्चअल कार्यकम में जयपूर के कठपुतली खिलौना कलस्टर के कारीगरों से संवाद के दौरान कहा कि अत्याध्यनिक तकनीक आ जाने के बावजूद बच्चों का कठपुतली के प्रति लगाव कम नहीं हुआ है प्रधानमंत्री ने कारीगरों को बदलते समय के साथ बदलाव करने को कहा श्री मोदी ने कठपुतली कलाकारों से बात करते हुए कहा कि कठपुतली में बच्चों को सुनने और कहने की बड़ी कला होती है इस मेले में वर्चुअल तरीके से कई केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हुए राष्ट्रीय खिलौना मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना है

इस चरण में चयनित राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों सीजीएचएस और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्द चिकित्सालयों में भी निःशुल्क टीके लगाये जाने की सुविधा दी जायेगी

अब तक एक करोड़ सात लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरू रविदास जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि गुरू रविदास एक महान संत और धर्म सुधारक थे जिनका पूरा जीवन मानवता को समर्पित था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा कि संत रविदास ने एकता और समानता का संदेश दिया वहीं उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चन्द्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

प्रदेश में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी का असर शुरू हो गया है आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई